जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक माह में दूसरा हृदय प्रत्यारोपण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

विधायक मदन दिलावर के तारांकित प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा के जबाव से असंतृष्ट भाजपा विंधायक वैल में आ गये और स्वास्थ्य मंत्री तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे पूरे प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक नारेबाजी करते रहे सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये हर संभव प्रयास किये हैं और विपक्ष राजनीति के लिए बेवजह इस मुददे को तूल दे रहा है दूसरी ओर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि केन्द्रीय टीम ने अस्पतालों में खामियों को उजागर किया लेकिन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ध्यान नहीं दिया गया

प्रश्नकाल समाप्त होने पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने श्री मोदी के आचरण पर आपत्ति जताई इस पर स्पीकर ने कहा कि ये घटना दुःखद है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अध्यक्ष केवल सत्ता पक्ष को ही प्रताड़ित न करें इस पर अध्यक्ष ने कहा कि वे खूद प्रताड़ित हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष की असहमति को स्वीकार करना लोकतंत्र की खूबी है लेकिन सभी सदस्यों को संयमित आचरण करना चाहिए

इसी प्रश्न पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिन थानाधिकारियों के क्षेत्र में बाल श्रम हो रहा है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए श्री जूली ने सदन को आश्वस्त किया कि इस बारे में जरूरी कदम उठाये जायेंगे

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा इसमें कई पहल की जा रही है इसके माध्यम से राजस्थान और असम के बीच सदियों प्राने संबंधों को प्रस्तुत किया जा रहा है

विधेयक में कीटनाशक का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है

श्री गहलोत ने आज चिल्ड्रन इंवेस्टमेंट फण्ड फाउण्डेशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चिल्ड्रन इंवेस्टमेंट फण्ड फाउण्डेशन के सहयोग से इस क्षेत्र में नवाचारों को आगे बढाया जाए उन्होंने इसके लिये एक स्टीयरिंग कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने जिनेवा में इसकी घोषणा की इधर जयपुर में राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी गंभीरता बरत रही है

अतिरिक्त प्रलिस महानिदेशक अपराध बीएल सोनी ने बताया कि चित्तौड़गढ और भीलवाडा में अफीम और डोडाचूरा की तस्करी किये जाने की खुफिया सूचनाएं भिलने पर गठित विशेष दल द्वारा ये कार्यवाही की गई